राज्य के पारम्परिक शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प और पर्यटन मेला आरंभ करेगी प्रदेश सरकार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कोरोना काल में योग अधिक प्रासंगिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक

केन्द्रीय मंत्रिमंडल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम चना पांच महीने के लिए दिया जाएगा

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के पारम्परिक शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प और पर्यटन मेला आरंभ करेगी मुख्यमंत्री आज शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं का समयबद्व निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि हिमाचल पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन सके मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतांग दर्रे के नीच निर्माणाधीन अटल सुरंग पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र बनेगी उन्होंने कहा कि सरकार अटल सुरंग को पार करने के लिए विस्टाडोम बस चलाएगी ताकि लोग यहां प्रकृति को नजदीक से निहार सकें अनुराग केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ आंरभ की गई विभिन्न योजनाओं के चलते हिमाचल शत प्रतिशत घरों को गैस कनैक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है उन्होंने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित प्रदेश वासियों को बधाई दी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि बरसात के दौरान सोलन जिला में किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है सैजल ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि जिले में फोरलेन निर्माण कार्य से हो रही क्षति को देखते हुए पीडित लोगों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा उन्होंने माना कि फोरलेन के कार्य में अवैज्ञानिक ढंग से हुई कटिंग और डंपिंग के कारण लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है उन्होंने माना कि पर्यटकों के लिए प्रदेश के द्वार खोलने से लोगों को कुछ भय हो सकता है लेकिन पर्यटकों के लिए विशेष नियमों के बाद कोरोना फैलने का भय अवश्य कम होगा

वीरेन्द्र कंवर इस बीच ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में कहा कि बहत सारे लोग होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं इस संबंध में जिला प्रशासन को बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं उन्होंने होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों को चेतावनी दी है कि वे इसे औपचारिकता समझने की भूल न करें और अपनी जिम्मेवारी निभाएं उन्होंने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करें राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि योग मन बुद्धि और शरीर को स्वस्थ बनाकर सफल जीवन जीने की शैली है राज्यपाल आज शिमला में राजभवन में उनसे मिलने आए अंर्तराष्ट्रीय योग संयोजक रंजीत सिंह और योग खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि योग हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समृद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना काल में योग अधिक प्रासंगिक है क्योंकि इससे हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है उन्होंने स्कूल में योग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया अंतर्राष्ट्रीय रोग प्रशिक्षक रंजीत सिंह ने इस मौके पर राज्यपाल को आश्रम के विद्यार्थियों द्वारा योगाभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल उपलब्धियों से अवगत करवाया

मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कॉनफ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें अलग तरीके से सोचने व काम करने के लिए विवश कर दिया है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परीक्षा की इस घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कारण ही प्रदेश में कोरोना संकमण का सामुदायिक स्तर पर फैलाव रूक पाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न केवल लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूक किया बल्कि होम क्वारंटीन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद की एसजेवीएन सतलुज जलविद्युत निगम के शिमला स्थित कारपोरेट मुख्यालय में सौहार्द प्रदर्शनी व आउटरीच नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने तीन दिवसीय प्रदर्शनी के समापन अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन मेरा सामाजिक दायित्व की संकल्पना के तहत किया गया इसका उददेश्य निगम में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की मदद करना है उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में निगम के कर्मचारियों द्वारा खैच्छिक रूप से दान की गई वस्तुएं प्रदर्शित की गई जिन्हें आज कम आय वाले और आउटसोर्स कर्मियों में वितरित किया

परीक्षा हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है

जिन श्रेणियों में ये परीक्षा आयोजित होगी उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा हिमाचल प्रशासनिक सेवा तहसीलदार व नायब तहसीलदार भारतीय वन सेवा प्रदेश वन सेवा और आबकारी व कराधान निरीक्षक शामिल हैं इसके अलावा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्ग दो अधिकारी व कर्मचारी राज्य विद्युत बोर्ड के सीविल इलैक्ट्रिकल व यांत्रिकी अभियंता और राज्य पर्यटन विभाग के सहायक अभियंता व वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए भी ये विभागीय परीक्षा आयोजित होगी